उनके साथ थल सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत भी थे राजनाथ सिंह ने द्निया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र सियाचिन में तैनात सैनिकों और अधिकारियों से बातचीत की और उनकी समस्याओं के बारे में जानकारी ली सियाचिन का आधार शिविर करीब बारह हजार फुट की ऊंचाई पर है और इस क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी तेईस हजार फुट की ऊंचाई पर है काराकोरम क्षेत्र में सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य क्षेत्र है जहां सैनिकों को कड़ाके की ठंड के साथ तेज हवाओं से भी जूझना पड़ता है सर्दियों में यहां तापमान जमाव बिन्द से सत्तर डिग्री तक नीचे चला जाता है इस बीच रक्षामंत्री सियाचिन दौरे के बाद श्रीनगर लौट रहे हैं रविशंकर प्रसाद ने आज केन्द्रीय कानून और न्याय मंत्री का पदभार संभाला मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने कहा कि कानूनी पहुंच कानूनी सहायता और बुनियादी ढांचा न्याय वितरण में तीन महत्वपूर्ण तत्व हैं उन्होंने कहा कि कानूनी प्रक्रिया के साथ प्रोद्योगिकी तालमेल की मदद से उनका मंत्रालय कानूनी पहंच को अधिक प्रभावी बनाने की कोशिश करेगा केन्द्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने आज महिला और बाल विकास मंत्री का अर्जुन मुंडा ने जनजातीय मामलों के मंत्री और रेणुका सिंह ने जनजातीय मामलों के राज्यमंत्री के रूप में पदभार संभाला राव इन्द्रजीत सिंह ने केन्द्रीय योजना राज्य मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है उनके पास मंत्रालय का स्वतंत्र प्रभार रहेगा कार्यभार संभालने बाद उन्होंने कहा कि उनका मुख्य प्रयास दो हजार बाईस तक नये भारत के निर्माण में सहयोग देना रहेगा उन्होंने यह भी बताया कि समंग्र प्रगति और सर्वांगीण विकास पर खास ध्यान दिया जायेगा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को मौजूदा सरकार में कैबिनेट रैंक दिया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा में उनके योगदान को मान्यता देते हुए ऐसा किया गया है उनका कार्यकाल पांच वर्ष का होगा सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की मदद के लिए पिछले वर्ष राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की नियुक्ति की थी ये राष्ट्रीय सुरक्षा और रणनीतिक हितों से संबंधित मुद्दों पर प्रधानमंत्री को सलाह देते हैं विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि केन्द्र सरकार सभी भाषाओं का सम्मान करती हैं और देश के किसी भी भाग पर कोई भाषा थोपी नहीं जाएगी उन्होंने कहा कि त्रिभाषा फार्मूले पर अंतिम निर्णय लेने से पहले जन सामान्य और राज्य सरकारों से परामर्श किया जाएगा डॉ जय शंकर ने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय को सौंपी गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति केवल एक प्रारूप है उन्होंने कहा कि लोगों की सहमति के बाद ही केन्द्र सरकार शिक्षा नीति के प्रारूप पर आगे बढ़ेगी डॉ जयशंकर ने कहा कि सरकार सभी भारतीय भाषाओं का विकास करेगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में तीन महिला बाइकर्स को पचीस हजार किलोमीटर की यात्रा पर रवाना किया हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बाइकर्स बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान और महिला सशक्तिकरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से यह यात्रा करेंगी

दल को हरी झंडी दिखाकर रवाना करते हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये यात्रा महिलाओं के प्रति सम्मान को बढ़ाने के साथ ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की मुहिम के बारे में और जागरुकता पैदा करेगी

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ प्रदेष के विभिन्न स्थानों पर हुयी सड़क दुर्घटनाओं में आज दस लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि सैंतिस अन्य घायल हो गये फिरोजाबाद में सिकोहाबाद एटा मार्ग पर जसराना क्षेत्र में तीन बाइक सवार युवक एक तेज रफ्तार चारपहिया वाहन की चपेट में आ गये जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गयी मैनपुरी के बिछवां क्षेत्र में जीटी रोड पर परिवहन निगम के बस की एक ट्रक से टक्कर हो गयी इस टक्कर में बस परिचालक की मौके पर ही मृत्यु हो गयी तथा उसमें सवार बारह यात्री घायल हो गये मथुरा के मलदेव क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार बस के पलट जाने से उसमें सवार चार लोगों की मृत्यु हो गयी जबकि पचीस अन्य गम्भीर रूप से घायल हो गये कौषाम्बी जिले के कोखराज क्षेत्र में इलाहाबाद कानपुर मार्ग पर एक सड़क हादसे में बाइक सवार युवक सहित दो लोगों की मौत होने की खबर है